मण्डी शिवरात्रि धाम में जातीय भेदभाव के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह जिला बिलासपुर पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा का नागरिक अभिनंदन मण्डी का सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव सम्पन्न

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशयार सिंह के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बेरोजगारों को अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाए जाए

विधायक बलबीर सिंह के सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि चिंतप्रनी के नजदीक धलवाड़ी में हैलीपैड का निर्माण प्रस्तावित है

इस संबंध में विधायक आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल पर वन मंत्री ने कहा कि परियोजना में मापदंड के अनुसार पंचायतों के चयन में पारदर्शिता बरती गई है उन्होंने कहा कि इस परियोजना के चरण दो में उन पंचायतों को शामिल किया जाएगा जो इसके मापदंड में आएंगी

इस दौरान पंचायतों के विलय करने का काम नहीं किया जाएगा

वॉकआउट विधानसभा में आज मंडी शिवरात्रि की धाम में जातिय भेदभाव के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया हालांकि जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की गैर मौजूदगी में इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया मगर विपक्ष के सदस्य शुरूआत में ही कुछ समय के लिए सदन से बाहर चले गए और थोडी देर बाद वापिस लौट आए इस दौरान विधायकों ने नारेबाजी भी की महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मंडी शिवरात्रि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की कार्रवाई जारी है यह मामला विधायक जगत सिंह नेगी ने उठाया था

फिर भी उन्होंने सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया चर्चा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में आज विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विकास रथ है जो रूकने वाला नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे योजनाएं चलाई हैं जो गरीब लोगों के हित में है मगर कांग्रेस इन योजनाओं पर लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि यह सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है

विधायक किशोरी लाल ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को केवल झूठ बोलना ही आता है

भाजपा की नवनिर्वाचित युवा विधायक रीना कश्यप को भी आज पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिला उन्होंने जयराम सरकार की योजनाओं की खूब प्रशंसा की अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के बमसन विकास खंड की बारिंग पंचायत में बहुद्देशीय सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी और सरांय भवन का लोकार्पण किया

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने लाभ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाते हैं जो दुर्भायपूर्ण है इससे पहले टौणी देवी पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का लोगों ने भव्य स्वागत किया केंद्रीय मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का आज निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने एनबीसीसी और एम्स के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों के बारे में चर्चा कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने को कहा

अभिनन्दन समारोह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर के झंड़ता पहंचने पर जगत प्रकाश नड़डा के सम्मान में आज नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया समारोह को सम्बोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोगों का प्यार पार्टी की मजबूती के लिए और अधिक प्रतिबद्धता व समर्पण की भावना से कार्य करने की प्रेरणा देगी उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमितशाह सहित अन्य केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया उन्होंने कहा कि भविष्य में भाजपा और मजबूती के साथ उभरेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा नई उचाईयों को छुएगी

समारोह को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सम्बोधित किया इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे शिवरात्रि सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव राज देवता माधव राय की अंतिम जलेब के साथ आज मंडी में संपन्न हो गया महोत्सव के समापन अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज माधव मंदिर से पड्डल मेला मैदान तक पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई की पड्डल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी से सहयोग का आहवान किया एक भारत श्रेष्ठ भारत अनेकता में एकता और जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर समाज सेवा में जुटे हो इसी का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत ऊना जिला मुख्यालय में स्थित प्रेम आश्रम विशेष बच्चों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभा रहा है विस्तृत ब्यौरा इस रिर्पोट में हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित प्रेम आश्रम की प्रभारी केरल की सिस्टर जोयस विशेष बच्चों के पुनर्वास के लिए समर्पित है

मुझे विशेष बच्चों के साथ काम करके बहुत खुशी मिलती है उनमें से ये इम्प्रवमेंट बहुत कम होता है बट इनमें इम्प्रवमेंट होता है स्टेप बाई स्टेप सिखा दो तो सीख जाता है तो इन बच्चों के साथ कैसे इनको पढ़ाना है इनको कैसे समझना है सिस्टर जोयस को हिमाचली खाना बेहद पंसद है खासतौर पर मक्की की रोटी व सरसों का साग उनका कहना है कि केरल का पायसम भी हिमाचल में बनने वाली खीर की तरह ही तैयार किया जाता है

उन्होंने बताया कि केरल में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है

केरल की सिस्टर जोयस हिमाचल के वातावरण और यहां के लोगों के सरल स्वाभाव की कायल हैं और यही कारण है कि वे कई वर्षो से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही हैं रितेश कूपर आकाशवाणी समाचार शिमला